मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों को दी जाएगी सर्वोच्च प्राथमिकता केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया आयुष्मान भारत योजना के तहत आधार संख्या की जानकारी देना वांछनीय है मगर अनिवार्य नही

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त महिलाएं सामाजिक बुराइयों को दूर करने में कारगर भूमिका निभा सकती हैं विभिन्न स्व सहायतासमूहों से जुड़ी देश भर की एक करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना जरूरी है उन्होंने कहा कि महिलाएं उद्यमशील होती हैं और उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें तो बस काम करने का अवसर चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें अपनी क्षमता योग्यता और कुशलता समझने का मौका दिया जाए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सम्पन्नता का आधार बन रहे हैं और देश की महिलाओं में समाज में बदलाव लाने की क्षमता है मुख्यमंत्री राज्य सरकार विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी

उन्होंने कहा कि हिमाचल समृद्ध संस्कृति व उच्च परम्पराओं के लिए जाना जाता है और उनके मन में इसके लिए अपार सम्मान है मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं द्वारा संस्कृति व परम्पराओं पर अनावश्यक टीका टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि वे स्वयं सादगीपूर्ण पृष्ठभूमि से संबंध रखते है और आम लोगों की विकासात्मक जरूरतों को भली भांति समझते हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष में कुछ मित्र उनके दिल्ली दौरे और केन्द्रीय मंत्रियों से राज्य की विकासात्मक जरूरतों पर विस्तृत चर्चा करने को भी नही पचा पा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षो से विकास को मामले में चौपाल निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी हुई है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने हर वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है इस मौके पर सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार राज्य की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के प्रति उदार है

समारोह में चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा विधायक नरेन्द्र बरागटा और राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे महेन्द्र सिंह प्रदेश सरकार सुशासन समग्र विकास और जनसेवा की भावना से कार्य कर रही है सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मण्डी में जिला जन शिकायत निवारण समिति की एक बैठक में कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने लोगों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में ठोस शुरूआत की है

उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याएं बैठक में रखने का आग्रह किया

इस मौके उर्जा मंत्री अनिल शर्मा और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे सरवीन चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को विकास योजनाओं का लाभ मिल सके शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की भतल्ला पंचायत में सामुदायिक भवन के शिलान्यास के बाद आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि डल झील के सौन्दर्यकरण के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा इस मौके उन्होंने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया वीरेंद्र कंवर बिलासपुर स्थित गोविन्द सागर जलाश्य में कार्यरत भाखड़ा सहकारी सभा के मत्स्य आवतरण केन्द्र को सर्वोत्तम प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है आंध्रप्रदेश के विशाखापट्नम में एक समारोह में सहकारी सभा के प्रधान को ये पुरस्कार दिया गया पशु पालन व मत्स्य मंत्री हुए वीरेन्द्र कंवर ने प्रदेश मात्स्यिकी विभाग व भाखड़ा मत्स्य सहकारी सभा के सभी सदस्यों को पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य को ये पुरस्कार मिलना गौरव की बात है और इससे युवाओं को इस व्यवसाय से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी इस बीच वीरेन्द्र कवर ने आज ऊना ज़िले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बौल में ज़िला स्तरीय जन सहभागिता पर आधारित वन महोत्सव का शुभारंभ किया वीरेन्द्र कंवर ने औषधीय पौधे रोपित करने पर बल दिया आयुष्मान आधार केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने वाली आयुष्मान भारत योजना के तहत आधार संख्या जानकारी देना वांछनीय तो है लेकिन अनिवार्य नहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने स्पष्ट किया है कि सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को ये सेवा प्रदान करेगी भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या नहीं इस योजना का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का बीमा लाभ देना है

सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बाईक रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से केन्द्र सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों और नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई राजीव सहजल ने कहा कि युवा शक्ति की कार्यकुशलता पर देश का भविष्य निर्भर करता है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नई योजनाएं चलाई गई हैं बैठकें सिरमौर ज़िला के नाहन स्थित मैडिकल कॉलेज व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शिमला स्थित विधानसभा परिसर में उच्चस्तरीय बैठक हुई इस दौरान स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल मैडिकल एजुकेशन के निदेशक अशोक शर्मा और स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव निपुन जिंदल ने स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा की इस बीच प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जन प्रशासन समिति की दो दिवसीय बैठक आज सम्पन्न हुई समिति ने इस दौरान खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए उत्तरों का अवलोकन किया और विभाग के प्रधान सचिव के मौखिक साक्षय कर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे

बिंदल ने राज्य में स्वयं सहायता समूहों के डिजिटीकरण और किसान उत्पादित संगठनों के समर्थन के लिए नाबार्ड की भूमिका को सराहा इस मौके नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक रणबीर सिंह ने नाबार्ड के मिशन उद्देश्य और नई पहलों पर प्रकाश डाला कार्यक्रम में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली संस्थाओं व हितधारकों को सम्मानित किया गया बिंदल ने चम्बा जिले के दुर्गम जनजातीय क्षेत्र में सक्रिय सेवा संस्था को कृषि गुणवत्ता के क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरस्कृत किया

उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से ग्रामीण स्तर पर उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं को उभरने का अवसर मिलता है

प्रतिनिधिमण्डल हिमालय परिवार हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमण्डल ने वीरेन्द्र मोहन वशिष्ठ के नेतृत्व में आज शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की प्रतिनिधिमण्डल ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की रिहाई के समर्थन में करीब तीन हजार व्यक्तियों के हस्ताक्षर जुटाकर एक ज्ञापन राज्यपाल के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा ज्ञापन में कुलभूषण जाधव की शीघ्र रिहाई और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ से सदस्यता निरस्त करने की मांग की गई है सोसायटी चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं जिससे लोग परेशान हैं दूर दराज इलाकों से अपना काम करवाने के लिए जिला मुख्यालय चम्बा पहुंचने पर लोगों को मायूसी ही हाथ लगती है ऐसे में हाईटैक एजुकेशन एण्ड वैल्फेयर सोसायटी ने मुख्यमंत्री से प्रशासनिक अधिकारियों के पद जल्द भरने की मांग की है

शिविर लाहौल स्पीति जिले की गोंदला पंचायत में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक जागरूकता शिविर लगाया गया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांता वर्मा ने शिविर की अध्यक्षता करते हुए लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी इस मौके पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने एटीएम कार्ड का पिन नम्बर व ओटीपी से संबंधित कॉल का जवाब न देने का आह्वान किया ई सिगरेट हिमाचल उपभोक्त संरक्षण परिषद और वॉयस संस्था ने बाजार में ई सिगरेट के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने की सरकार से गुहार लगाई है परिषद के अध्यक्ष शिवदत्त भारद्वाज ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार व स्वास्थ्य सचिव बीके अग्रवाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है